इससे पहले प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाया जाएगा

ज्ञापन में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए हिमाचल के वन सैंचुरी क्षेत्र में सोलर फैंसिंग लगाकर बंदरों को वहां छोड़ने ट्रैक्टरों का पंजीकरण अन्य राज्यों की तर्ज पर कृषि उपकरण के रूप में करने बेसहारा पशुओं के लिए हर विकास खंड में गौसदनों का निर्माण करने के अलावा मैदानी क्षेत्रों में खड्डों के किनारे मूमि कटाव को रोकने के लिए तटीकरण का प्रावधान करने संबंधी मांग की गई है

उन्होंने कहा कि ये कार्यशाला भूंकप की दृष्टि से अति संवेदनशील हिमाचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है

इस मौके जैन समुदाय द्वारा विभिन्न काय्रकम आयोजित किए जाएंगे शिमला में स्थित दिगम्बर जैन मंदिर से दोपहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने गुड़िया मामले और पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है गुड़िया मामले में आठ माह बाद भी हाथ खाली सीबीआई निदेशक कोर्ट में तलब पंजाब केसरी लिखता है हाईकोर्ट ने आठ माह बाद भी आरोपियों तक न पहुंचने पर सीबीआई को लगाई फटकार निदेशक को किया तलब दिव्य हिमाचल के शब्द हैं धीमी जांच पर सीबीआई को कड़ी फटकार निदेशक तलब

हिमाचल दस्तक के मुताबिक कोर्ट ने कहा न सबूत मिटाए गए हैं न विदेशी थे अपराधी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रोक हटी शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है साक्षात्कार पर चल रहा पेंच सरकार ने सुलझाया वहीं अमर उजाला का शीर्षक है पुलिस भर्ती में इंटरव्यू को सरकार की मंजूरी पंजाब केसरी के शब्द हैं पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू दिव्य हिमाचल का कहना है कांस्टेबल भर्ती का रास्ता साफ जयराम सरकार ने दूर किया पांच माह से जारी गतिरोध बजट सत्र से संबंधित खबर पर आपका फैसला की सुर्खी है एनएच पर पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक जबकि अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है कागजों में नहीं घरातल पर दिखेंगे एनएच

अखबार लिखता है बजट सत्र के बाद बड़े स्तर पर तबादले संभावित दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है एनजीटी ने हिमाचल सरकार पर लगाया एक लाख का जुर्माना इसी पत्र ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सुर्खी दी है आशियाना और गुफा रेस्तरां हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पास ही रहेंगे दैनिक भास्कर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के हवाले से लिखा है भ्रष्टाचारी का दाग लेकर मरना नहीं चाहता जल्द सुनवाई हो